इस अभियान के तहत प्ररे राज्य में चौबीस घंटे के भीतर एक लाख पौधे लगाये जायेंगे जोलांग स्थित आर्ट ऑफ लिविंग के परिसर में आयोजित व्रक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेते हुए श्री खाण्ड्र ने कहा कि हर दिन एक लाख़ पेड़ लगाने के लक्ष्य के इस अभियान का संचालन राज्य के वन विभाग द्वारा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगले पांच वर्षों में एक करोड़ पेड़ लगाये जाने का लक्ष्य रखा गया है इसी के साथ उन्होंने लोगो से अपील की कि वनों पर निर्भर रहने के साथ वन का संरक्षण करना भी जरुरी है उन्होंने पर्यावरण और स्वच्छता के ऐसे अभियानों में लोगों से बढ़चढ़ कर भाग लेने की अपील की इस अवसर पर उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के योगासन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया

न्यायालय ने निर्देश दिया कि केंद्र की आर्थिक सहायता से उन जिलों में ये विशेष अदालतें बनाई जाएं जहां बच्चों का यौन शोषण रोकने संबंधी कानू पॉक्सो के अंतर्गत एक सौ से ज्यादा मामले दर्ज हों प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र को इन अदालतों में प्रशिक्षित और अनुभवी वकील नियुक्त करने होंगे पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस भी है पीठ ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यसचिवों को भी निर्देश दिया कि ऐसे मामलों मे फोरेंसिक रिपोर्ट समय पर उपलबध करान की पक्की व्य्वस्था करें न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि वह तीस दिन के भीतर इस आदेश क पालन और पॉक्सों अदालते बनाने के लिए उपलब्ध कराये गए धन तथा वकीलों की नियुक्ति में हुई प्रगति के बारे में बताये मामले की अगली सुनवाई छब्बीस सितंबर को रखी गई है राज्यपाल बी डी मिश्रा ने कल राजभवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में लंबे समय से निर्माणाधिन मेयाओं विजयनगर सड़क के काम को निर्धारित समय में प्ररा करने के निर्देश देते हुए राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों से आग्रह किया कि वे राज्य में अच्छे सड़क मार्ग बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें उन्होंने सभी सरकारी विभागों से इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील करते हुए कहा कि वे अपने काम को इस तरह निर्धारित करे की बारिश आदि के मौसम का इस्तेमाल परियोजनाओं के मंजूरी लेने या अन्य सरकारी ओपचारिकताओं को प्ररा करने के लिए करे ताकि निश्चित समय पर परियोजनाओं को पूरा किया जा सके बैठक में उप मुख्यमंत्री चाउना मैन और ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री हुनचुन ङानदाम सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे केंद्रीय पश्पालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार प्रदेश के पशुधन और मत्स्य क्षेत्रों को मजब्रत करेगी और राज्य के संभावित जिलों में मिथुन और याक पालन केंद्र भी स्थापित करेगी श्री सिंह ने राज्य के क्रषि मंत्री तागे ताकी के साथ नई दिल्ली में एक बैठक में यह जानकारी दी उन्होंने ट्राउन फिस कल्चर के विकास के लिए निधि उपलब्ध कराने और जल निकायों के विस्तार फिस फीड मिल अल्ट्रा मॉडर्न हैचरी इत्यादी को एकीकृत करने की परियोजना का भी आश्वासन दिया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने आधार को पहचान का दस्तावेज बनाने का निर्णय लिया है ताकि लोग सब्सिडी का लाभ सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त कर सकें उन्होंने कहा कि देशभर में करीब एक अरब अटठाईस करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है